राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर दो अक्टूबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना शुरू की जाएगी भाजपा ने चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए लच्छ्राम कश्यप को उम्मीदवार बनाया है इस उप चुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है

जॉगिंग करते समय कचरा उठाने का यह एक अनूठा अभ्यास है आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जॉगिंग करते समय कचरा उठाने की एक नई पहल प्लॉगिंग की ओर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया उन्होंने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने का एक अभिनव अभ्यास बताया

इससे हम न केवल अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे बल्कि धरती मां की सेहत की भी रक्षा कर सकेंगे प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि लोग अगले महीने की दो तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक की समस्या से मुक्ति पाने के अभियान में बड़ी संख्या में शामिल होंगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि ई सिगरेट में अनेक हानिकारक रसायन होते हैं जिनका स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ता है प्रधानमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया पर भारत की लक्ष्मी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटियों की उपलब्धियों का वर्णन करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को लक्ष्मी माना जाता है क्या इस दिवाली पर भारत की इस लक्ष्मी के सम्मान के कार्यक्रम हम कर सकते हैं इनके सम्मान के कार्यक्रम देशभर में होएक काम और कर सकते हैं कि इन बेटियों की उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया में अधिक से अधिक शेयर करें और हैशटैग यूज करें भारत की लक्ष्मी प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के प्रारंभ के साथ ही आज से त्यौहारों का मौसम शुरू हो गया है उन्होंने लोगों से इस मौसम में उदारता बरतते हुए उन वस्तुओं का दान करने का अनुरोध किया जिसे वे उपयोग में नहीं ले रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि इस तरह की वस्तुओं को गरीबों और वंचित लोगों के साथ साझा करने की जरूरत है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती दो अक्टूबर से प्रदेश में वार्ड स्तर पर मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना की शुरूआत की जाएगी इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को सुलभ प्रशासन और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना है इसके तहत क्षेत्र की साफ सफाई सड़क नाली पुलियों की मरम्रत और उनका रखरखाव के अलावा स्ट्रीट लाइट और अन्य नगरीय समस्याओं का निवारण किया जाएगा इसके अलावा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं और समसामयिक विषयों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी राज्यपाल प्रतिनिधिमंडल मुलाकात राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि आदिवासी वर्ग के विकास के लिए आदिवासी समाज के सभी अधिकारी और कर्मचारी संगठित होकर कार्य करें राज्यपाल ने आज राजभवन में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवा विकास संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कहा कि आदिवासी समाज की समस्याओं को आदिवासी मंत्रणा परिषद के सदस्यों के ध्यान में भी लाया जाए ताकि मंत्रणा परिषद की बैठक में उन समस्याओं पर आवाज उठाई जा सके साथ ही समाज की समस्याएं राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान में भी लाई जाएं डीजीपी बयान पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने कहा है कि जल्द ही पुलिस मुख्यालय भर्ती अभियान शुरू करने जा रहा है उन्होंने कहा कि करीब तीन हजार पदों पर जिला पुलिस बल में भर्ती की जाएगी श्री अवस्थी ने हाल ही में पुलिस विभाग में हुई आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने के संबंध में कहा कि प्रक्रिया में बहुत ज्यादा खामियां थीं जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा चित्रकोट उप चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने चित्रकोट विधानसभा उप चुनाव के लिए लच्छुराम कश्यप को अपना प्रत्याशी घोषित किया है वहीं कांग्रेस ने बस्तर जिले के ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजमन बेंजाम को अपना प्रत्याशी बनाया है इस उप चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि कल तीस सितंबर है एक अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और तीन अक्टूबर तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे चित्रकोट उप चुनाव के लिए इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा वहीं मतगणना चौबीस अक्टूबर को होगी भाजपा प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप और कांग्रेस उम्मीदवार राजमन बेंजाम कल नामांकन पत्र दाखिल करेंगे भाजपा प्रत्याशी लच्छ्राम कश्यप की नामांकन रैली में केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंहभाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेणडीनेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे नामांकन दाखिले के पहले आमसभा का आयोजन भी किया जाएगा वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पुलिस का व्यवहार सद्भावनापूर्ण और उनमें समाधान का नजरिया होना चाहिए उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यशैली ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में भय हो और आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और राज्य के विकास में सुरक्षित वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिए पुलिस की भूमिका और भी अहम हो जाती है श्री बघेल ने कहा कि पुलिस नवाचार के माध्यम से समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास भी करे मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अकादमी में सीनियर ऑफिसर मेस और इंडोर प्रशिक्षण के लिए फॉरेंसिक साईस लैब के अलावा आदर्श थाना खोलने की घोषणा की कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्यज साहू और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया तथा पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री पाटन सदन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से स्वास्थ्य संबंधी जांच इलाज और विभिन्न शासकीय कार्यो से रायपुर आने वाले लोगों के लिए राजधानी में पाटन सदन का शुभारंभ किया इस सदन में दो ओएस डी सहित अन्य स्टाफ यहां आने जाने वाले लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगे यदि इलाज के लिए आए लोगों को रूकने की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके ठहरने की व्यवस्था भी इस सदन में की गई है साथ ही मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था भी कराई जाएगी शारदेय नवरात्र शक्ति की आराधना का पर्व शारदेय नवरात्र आज से शुरू हो गया है आज से लेकर नौ दिनों तक श्रद्वा भक्ति और उल्लासमय वातावरण से राजधानी रायपुर सहित पूरा प्रदेश सरोबार रहेगा मंदिरों में घट स्थापना के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्जवलित किए गए हैं प्रदेश की प्रमुख शक्तिपीठों दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी रतनपुर और रायपुर स्थित महामाया मंदिर और डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के मंदिर में श्रद्वा का सैलाब उमड़ने लगा है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी का प्रसारण तेरह अक्टूबर को होगा इस बार लोकवाणी का कार्यक्रम स्वास्थ्य और मातृ शक्ति विषय पर आधारित रहेगा इस विषय पर श्रोता अपने विचार कल तीस सितंबर तक रख सकेंगे वे द्रभाष क्रमांक शून्य सात सात एक दो चार तीन शून्य पांच छह एक और दो चार तीन शून्य पांच शून्य दो पर दोपहर तीन से चार बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मौसम दक्षिण पश्चिम उत्तरप्रदेश और उससे लगे मध्यप्रदेश के ऊपर बने हुए चक्रवात के कारण प्रदेश में मानसून सक्रिय है इसके चलते बीते चौबीस घंटों के दौरान राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के विज्ञानी आरके वैश्य ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रदेश के उत्तरी इलाके में आगामी चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है

इधर रायगढ़ में बीते दो दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है केलो नदी पर बना चक्रपथ पूरी तरह डूबा हुआ है वहीं निचली बस्तियों में भी पानी भरने की शिकायतें मिल रही हैं कबीरधाम जिले में भी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है साथ ही निचली बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान हैं संक्षिप्त समाचार स्थाई खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा इकतीस दिसंबर तक बढ़ा दी गई है पहले यह तीस सितंबर थी राजभवन द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में कल छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा राजधानी रायपुर के प्रोफेसर जयनारायण पाण्डेय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कल तीस सितंबर से तीन दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा